पूर्णिया में एसएच निन्यानवे पर यातायात बाधित

पूर्णिया जिले में महानंदा कनकई और परमान नदी का पानी कई गांवों में घुस गया है इससे एसएच निन्यानवे पर यातायात बाधित हो गया है गांव में अचानक पानी घुसने से लोगों में अफरा तफरी मची है लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं वहीं मधुबनी जिले में कमला बलान और कोसी सहित कई नदियों के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है झंझारपुर में कमला बलान खतरे के निशान से लगभग दो फुट ऊपर बह रही है जिले के लदनियां जयनगर एनएच एक सौ चार पर पदमा गांव के पास डायवर्सन पर पानी आ जाने के कारण यातायात बंद हो गाया है उधर कटिहार जिले मे महानंदा नदी समेत अन्य प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार व्रद्धि जारी है जिले में गंगा नदी का जलस्तर रामायणपुर और काढ़ागोला में बढ़ रहा है बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अनुसार नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर बढ़ रहा है लेकिन जिले के सभी तटबंध और स्पर सुरक्षित हैं वहीं पटना में जल संसाधन विभाग ने बताया कि कोसी महानंदा गंडक कमला बलान घाघरा और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में आज भी बढ़ोतरी की संभावना है जबकि बागमती का जलस्तर घट सकता है विभाग के अधिकारी के अनुसार स्थानीय प्रशासन को बाढ़ के खतरे को देखते हुये अलर्ट जारी कर दिया गया है विभाग ने कहा है कि बागमती नदी बेनीबाद में खतरे के निशान से छत्तीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है जबकि कमला बलान झंझारपुर में सतहत्तर सेंटीमीटर महानंदा डेंगरा घाट में पचासी सेंटीमीटर और झावा में खतरे के निशान से पंद्रह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शुभेंदु सेन गुप्ता ने बताया कि राजधानी पटना के अलावा गया भागलपुर और पूर्णिया में अच्छी बारिश होने की संभावना है

ईडी अब जल्द ही इस घोटाले से जूड़े आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू कर देगा ईडी के एक अधिकारी के अनुसार मामले में चार एनजीओ और उनके संचालकों के साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपित किया गया है जिन्हें पूछताछ के लिये बुलाया जायेगा गौरतलब है कि वर्ष दो हजार बारह से दो हजार पंद्रह के दौरान अभियंताओं पर शौचालय निर्माण के प्रोत्साहन राशि लाभर्थियों की बजाय गैर सरकारी संस्थाओं को देने का आरोप लगा है

याचिका दायर करने वाले गोपाल सिंह और मनीष कुमार ने आरोप लगाया है कि आईआरसीटीसी घोटाले मामले में जांच एजेंसियों ने कई अनियमिततायें बरती और उनके परिवार को बचाने का प्रयास किया है

श्री गोयल ने कहा कि इससे तीस मिनट से लेकर दो घंटे या अधिक देरी तक चलने वाली लगभग पांच सौ ट्रेनों का परिचालन समय सुधारा जा सकेगा उन्होंने कहा कि दो स्टेशनों के बीच ट्रेनों की रफ्तार बेहतर बनाने के लिये जीपीएस लगाया जायेगा इससे कंट्रोलरूम से ट्रेन की सही स्थिति और गति की जानकारी मिल सकेगी

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि अस्पताल के खुल जाने से तीन लाख बीमित सरकारी कर्मियों और उनके बारह लाख आश्रितों के साथ पटना जिले के गैर बीमित समान्य लोगों को भी चिकित्सा सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि चरणबद्व तरीके से अस्पताल को दो सौ तीन सौ और पांच सौ शैया वाले अस्पताल में तब्दील किया जायेगा

पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने इंडियन ऑयल और बिहार पुलिस के बीच हुयी बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि आसपास हो रहे घटनाओं से लोग अपनी आंख न बंद करें बल्कि पुलिस को इसकी सूचना देकर अपराध को रोकने में मदद करें उन्होंने कम्यूनिटी पुलिस व्यवस्था पर भी जोर दिया

पीठ ने कहा कि यह सरकार के लिये अंतिम मौका होगा मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी

जिनसे पूछताछ की जा रही है

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रखण्ड स्तर पर खेल प्रतियोगिता से स्कूल के प्रतिभावान बच्चों का चयन किया जायेगा इसके बाद जिला स्तर और राज्य स्तर की टीम बनायी जायेगी उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर खिलाड़ियों को एक महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा

एक अन्य मुकाबले में बीआरसी दानापुर ने जीआरपी को चार शून्य से हरा दिया पटना में खेली जा रही अंडर इलेवन शतरंज प्रतियोगिता के बालक वर्ग में देवराज और शिवम कुमार सिन्हा अपने अपने मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान पर बने हुये हैं वहीं बालिका वर्ग में अदिबाउल्लाह शीर्ष पर बनी हुयी हैं मध्रबनी जिले में चल रही राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बालिका वर्ग में मधुबनी की सौम्या और जमुई की नेहा तथा बालक वर्ग में मुजफ्फरपुर के तनवीर अहमद अमृत राज और मुंगेर के अक्षत कुमार ने अपने अपने मैच जीतकर अगले चक्र में प्रवेश किया है

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है वहीं सीतामढी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र में बिजली करंट के चपेट में आ जाने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई

बरामद गांजे की कीमत लगभग बाईस लाख रूपये बतायी जा रही है

हिन्दुस्तान ने नवाज को दस व बेटी को सात साल जेल की सजा को बड़ी खबर बनाया है दैनिक जागरण की बड़ी खबर है रामविलास ने रघ्रवंश की बातों को नकारा प्रभात खबर लिखता है नीतीश का भाषण तय करेगा जदयू की आगे की रणनीति दैनिक भास्कर ने गया जिले में फल्गु नदी पर बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है जिस मोक्षदायिनी में हमारे पितृपिण्ड उसमें एक सौ पचास नालों का पानी

पूर्णिया में एसएच निन्यानवे पर यातायात बाधित